बसें नहीं चलने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है निजी बस ऑपरेटर मनमाना किराया वसूल रहे हैं जिनमें लोग छतों पर बैठकर भी यात्रा कर रहे हैं उधर ट्रक चालकों की हड़ताल से करोड़ो रूपये का कारोबार प्रभावित हो रहा है मजदूरों को भी काम नहीं मिल पा रहा है इधर जयपूर में परिवहन भवन में रोड़वेज श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच वार्ता जारी है परिवहन मंत्री युनूस खान और अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन शैलेन्द्र अग्रवाल तथा रोडवेज के मुख्य महाप्रबंधक राजहंस उपाध्याय इसमें मौजूद हैं

इसके लिए हर युवा को अपने वोट की कीमत पहचाननी होगी श्री भगत आज जयपुर में एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा की

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बीकानेर मे आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इनसे हमें अपना इतिहास याद रखने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने आज बीकानेर में राजस्थान डिजी फेस्ट और सड़क सुरक्षा जागरूकता तथा हैलमेट वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया

वे भारत के मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय थे और साधारण पृष्ठ भूमि से होने के बावजूद राष्ट्रपति पद पर पहुंचे े

ग्रू पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशभर में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में आज ग़्रू अभिनन्दन और पोध रोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये

झालावाड और बाडमेर जिले में धार्मिक स्थलों पर मेले भी लगाये गये सवाईमाधोपुर में कई स्थानों पर भजन कीर्तन और भण्डारे हुए

बादल न होने की स्थिति र्म इसे पूरे देश में देखा जा सकेगा चन्द्रमा की सतह पर छाया पड़ने से यह लाल रंग का नजर आएगा

चन्द्रग्रहण के कारण आज लोगों ने दान पुण्य किया और पशुओं को चारा खिलाया

भरतपुर जिले झमाझम बरसात होने से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति हो गई है

उदयपुर मेवाड वागड में बारिश का दौर थमने के बाद ठण्डी हवाओं का चलना जारी है और पर्यटन स्थलों पर विशेष रौनक देखी जा रही है